इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस सपने को साकार करेगा प्रधानमंत्री ने फिर से वोकल फॉर लोकल का आहवान किया और कहा कि भारत को विश्व की जरूरतों से निपटने का प्रयास करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि भारत को मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्भरता कम करना ही नहीं है बल्कि भारत की क्षमता सुजनता और कौशल को मजबूत करना भी है श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर हैं और वैज्ञानिकों की मंजूरी मिलने के बाद इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा

दुमका के पुलिस लाइन मैदान परेड की सलामी लेने के बाद राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के विकास के लिए बहुत काम करने होंगे उन्होंने कहा कि विकास और जनता के कल्याण की योजनाओं को तेजी लागू करने की कोशिश करनी होगी ताकि हमारे राज्य की गिनती विकसित राज्यों की कतार में पहले पायदान पर हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित और सतत रोजगार उपलब्ध कराने के साथ उन्हें और उनके परिजनों के कल्याण के लिए शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ के गठन करने का निर्णय लिया है इसके साथ शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है इसके तहत इच्छुक परिवार को वर्षभर में सौ दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है काम नहीं देने की रिथति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पांच हजार विद्यालयों को शिक्षक छात्र अनुपात प्रशिक्षक सहित खेल का मैदान पुस्तकालय सुविधाओं से युक्त करते हुए सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के रुप में विकसित करने का सरकार ने निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही खेल नीति लागू करने जा रही है इसके अलावा नई खेल नीति में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण देने का भी प्रावधान किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोरोना महामारी के विरुद्द संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों पुलिसकर्मियों और स्वच्छता कर्मियों की हौसला अफजाई करते हुए सम्मानित किया राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनाया गया

वहीं लोहरदगा जिले में बलदेव साहू कॉलेज स्टेडियम में वित मंत्री रामेश्वर उरांव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया बोकारो के पुलिस लाइन में शिक्षामंत्री जगन्नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया पश्चिम सिंहभूम जिले के पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने झंडोत्तोलन करते हुए कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया चतरा जिले के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली पाक्ड़ जिले के रानी ज्योर्तिमय स्टेडियम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गिरिडीह जिले में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह ध्रमधाम से मनाया गया जिले के उपायुक्त राहल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने परेड की सलामी ली वहीं धनबाद में रणधीर वर्मा स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने गोल्फ ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी

इधर ग्रमला जिले के परमवीर अलबर्ट एक्का स्टेडियम में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया वहीं हजारीबाग स्टेडियम में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया इसके पूर्व उन्होंने सुरक्षाबलों जिला पुलिस व एनसीसी के कैडेट्स के भव्य परेड का निरीक्षण किया इधर साहिबगंज जिर्ल में सिदो कान्दू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उपायुक्त चितरंजन कुमार ने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया इससे पूर्व उन्होंने सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया उपायुक्त ने तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा कि बरसात के बाद साहिबगंज जिले से मनिहार्री के बीच गंगा पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा

रांची के मोराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही उन्होंने कहा कि हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज अन्तर्गत स्थापित प्रयोगशाला कार्यरत हो चुका है एक सप्ताह के अन्दर दुमका मेडिकल कॉलेज में भी जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिला स्तर पर भी जांच की सुविधा सुनिष्वित करने के लिए जिला अस्पतालों में संतान्वे ट्रनेट मशीनों की स्थापना की गयी है भविष्य में इन जांच मशीनों की स्थापना प्रखंड स्तर पर भी की जाएगी राज्य सरकार ने प्रदेश के तीन मेडिकल कॉलेजों के नाम बदलने की घोषणा की है स्वंत्रतता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा द्रमका मेडिकल कॉलेज का नाम फ़्लो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अलावा पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद निर्मेल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करने की घोषणा की

जिससे जिले में लोगों को बिजली संकट से निदान मिल सकेगा ये बातें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिला मुख्यालय स्थित गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडोत्तोलन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ रहा है वहीं दुसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर से जांच में तेजी भी लाई गई है

इस कार्यक्रम को राज्य में स्थित सभी आकाशवाणी केंद्रों से रिले किया जाएगा मुख्यमंत्री के संदेश के ठीक बाद स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट का भी प्रसारण किया जाएगा